उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्याकाल सूचना का अधिकार कानून के तहत एक लोक प्राधिकार है

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में म्ख्य न्यायाधीश क कार्यालय को एक लोक प्राधिकारी घोषित किया था और कहा था कि इसे आरटीआई अधिनियम के तहत आना चाहिए पांच न्यायाधीशें की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया उनमें न्यायाधीश एन वी रमना डी वाई चन्द्रचूड़ दीपक ग्प्ता और संजीव खन्ना शामिल है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के अन्य भागों में वाय् प्रदूषण के स्थाई समाधान के लिए हाईड्रोजन आधारित जापानी प्रौदयोगिकी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाये न्यायालय ने केन्द्र को इस मुद्दे पर विचार विमर्श में तेज़ी लाने और तीन दिसम्बर के इसके निष्कर्षो के बारे मे बताने को कहा है पड़ोसी राज्यों में पराली जलाये जाने और खराब मौसम के कारण एक पखवाड़े के भीतर दिल्ली की वाय् ग्णवता के द्रसरी बार आपात्तकालीन स्थिति के निकट पहंचे पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औदयोगिक अन्संधान परिषद दवारा खादय प्रसंस्करण में विकसित की गई तकनीकों की प्रदर्शनी का उदघाटन किया नई दिल्ली में आयोजित इस प्रदर्शनी में सूक्षम लघ् और मध्यम उदयोगों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रय्क्त होने वाली तकनीके प्रदर्शित किया गई इसके अलावा देश मे खा प्रसंस्करण के क्षेत्र में हये नवीनतम अन्संधान और विकास को भी उजागर किया गया संवाददाताओं से बातचीत करते हये डॉ हर्षवर्धन ने उदयोगों से अन्रोध किया कि वे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विज्ञान एवं औद्योगिक परिषद दवारा विकसित तकनीकों को प्रयोग में लाये उन्होंने कहा कि इन तकनीकों और नवाचार से विकसित उत्पाद कम कीमत वाले एवं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होंगे कांग्रेस के ल्धियाना से सांसद रवनीत सिंह बिटटू ने बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी बलबंत सिंह राजोआणा की सज़ा को उम्रकैद में बदले जाने का कड़ा विरोध किया है उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जायेंगे उन्होंने कहा कि संसद के सत्र के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पूछेंगे कि राजोआणा सज़ा क्यू बदल गई है रवनीत बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी और स्वयं सेवक संघ को इस फैसले के विरूदव मदद देने के लिए कहा है पंचकूला न्यायालय में आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा समेत आठ अपराधियों को पेश किया गया पंजाब और राजस्थान की जेलों में कैद आठों आरोपियों को पंचक्ला के सात थाना प्रभारी और सीआईडी की टीम लेकर पहंची

साथ ही एक रिजर्व प्लिस की बटालियन भी अम्बाला से भी मांगी गयी थी क्योंकि कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के किसी गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी थी

हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य कल बाद दोपहर साढ़े बारह बजे हरियाणा सत्यदेव राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिलायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि जन नायक जनता पार्टी के दो विधायकों राम क्मार गौतम और ईश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है जबकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से वरिष्ठ नेता अनिल विज कवंर पाल ग्र्जर डा बनवारी लाल और अभय सिंह यादव का मंत्री बनना लगभग तय है कलायत से विधायक कमलेश ांडा जेजेपी विधायक अनूप धानक भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल है हमारे संवाददाता ने बताया कि दो निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है अब से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हो रही है जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी

मंत्रीपद की शपथ के बाद विभागों के बंटवारे के लिए सहयोगी दल की एक ओर बैठक हो सकती है करनाल शहर को कचरा म्क्त शहर घोषित किया गया है और इसके लिए इसे तीन स्टार मिले है ये उपलब्धि हासिल करने वाला करनाल उत्तर भारत का अकेला और महाराष्ट्र व ग्जरात के बाद तीसरा सथान है मेयर रेण् बाला ग्प्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय की ओर से कचरा म्क्त रेटिंग के लिए मूल्यांकन करवाया गया था उन्होंने बताया कि ये रेटिंग स्वच्छता के उच्च मानदंडों को लेकर निर्धारित की गई है इसका फायदा शहर के अगले वर्ष जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में मिलेगा मेयर ने शहर के तमाम नागरिकों से साफ सफाई को लेकर अपना व्यवहार और गति इसी तरह से बनाये रखने की अपील की है यम्नानगर के जगाधरी हलके से भाजपा विधायक एवं प्र्व अध्यक्ष कंवरपाल ग्र्जर ने आज पत्रकारों से बात करते हये कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार जनता की उम्मीदों के अन्सार काम करेगी श्री कंवरपाल ने कहा कि मंत्री पद देना म्ख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेषाधिकार है

उन्होंने कहा कि कहीं कोई असंतोष नहीं है

यह बस अमृतसर से दिल्ली जा रही थी हमारे संवाददाता ने बताया कि मुतक महिलओं की पहचान अमुतसर निवासी सीमा और नीमू के रूप में हुई है गंभीर रूप से घायल सवारियों को रोहतक व खानप्रा के चिकित्सा विश्वविद्याय में रैफर किया गया है

इस तीन दिवसीय य्वक मेले का उदघाटन क्लपति प्रोराजबीर सिंह ने किया